श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह मौसम में बदलाव और विषाणु जनित रोगों के फैलाव का समय है इसे देखते हए सतर्कता और एहतियाती उपाय जरूरी हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रभावित लोगों का सम्चित देखभाल स्निश्चित कर रही है सवास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में विषाण् जनित रोगों की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि डेंग् चिकनग्निया और मलेरिया जैसे रोगों की रोकथाम के लिए उपाय जरूरी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि एहतियाती उपायों की समीक्षा के लिये बैठक जरूरी थी सवासथय मंत्री ने कहा कि ऐसे रोगों से निपटने के लिए बेहतर तैयारी होनी चाहिये

यह अब तक के एक दिन में सबसे अधिक मामले है

इनमें से तेरह मरीज सिम्टोमेटिक है और बाकी एसिम्टोमेटिक मामले है अपर स्बनसिरि जिले के सभी मामले दोपोरिजो टाउन से मिले है जिले के न्यू मार्केट एरिया को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया है

अब तक नौ सौ उनचास मरीजो को डिस्चार्ज किया गया है और पांच की मृत्य् हो चुकी है

सरकार ने कहा है कि वह कोविड जांच से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा के बाद मौजूदा परिस्थितियों में मांग पर जांच कराने की अन्मति देने पर विचार करेगी नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि सरकार जांच के दिशा निर्देशों पर प्नर्विचार करेगी उन्होंने यह बात एक प्रश्न के उत्तर में कही जिसमें प्खा गया था कि जो लोग जांच का खर्चा उठाने को तैयार है उन्हें उनकी मांग पर जांच की स्विधा क्यों नहीं दी जा रही एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर पॉल ने कहा कि मौजूदा संसाधनों के अधिकतम उपयोग को ध्यान में रखते हए मांग पर जांच के म्द्दे पर फैसला लिया जाएगा

उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सामान्य पात्रता परीक्षा श्रू होने से कई परीक्षाएं नहीं करानी पडेंगी जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बड़े पैमाने पर पारदर्शिता को बढावा मिलेगा

उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक अधिकारी से कहें कि वे रेहडी पटरी वालों के मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं श्री प्री ने कहा कि ये लोग महामारी के कारण कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए एक योजना तैयार कर रही है इससे रेहड़ी पटरी वाले अपनी पात्रता के आधार पर सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे इस योजना के अंतर्गत अब तक पाच लाख सत्तर हजार से अधिक ऋण आवेदन प्राप्त हए हैं जिनमें से एक लाख पैंतीस हजार से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा च्के हैं सरकार ने इस साल एक जून को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना श्रू की थी जिसके माध्यम से रेहड़ी पटरी वाले दस हजार रुपये तक ऋण ले सकते हैं